यह सर्वे सोलह सितंबर से शुरू होगा इसके तहत प्रदेश के दस जिलों में लोगों के खून के नमूनों की जांच की जाएगी इसके बाद बीस सितंबर से बाकी नौ जिलों में सैंपलों की जांच की जाएगी यह सर्वे आईसीएमआर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जाएगा इसके तहत हर जिले से पांच पांच सौ नमूनों की जांच की जाएगी इसके लिए कम प्रतिरोधक क्षमता वाले बीमार व्यक्तियों कंटेनमेंट जोन स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी पुलिस बल मीडियाकर्मी और औचोगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के साथ ही वृद्वाश्रम और अनाथ आश्रम में रहने वाले लोगों सहित कल दो सौ साठ सैंपल लिए जाएंगे वहीं जिले से चने गए छह क्लस्टर से दो सौ चालीस सैंपल लिए जाएंगे इन सैंपलों में एंटीबॉडी एम्यूनोग्लोबुलि जी और एम की जांच की जाएगी रायपुर जिले में यह सर्वे सोलह से अट्ठारह सितंबर तक होगा इस दौरान रायपुर और तिल्दा विकासखंड के रहवासियों के नमूनों की जांच की जाएगी पहले चरण में शामिल दस जिलों में रायपुर के अलावा बिलासपुर कोरबा मुंगेली जशपूर जांजगीर चांपा बलरामपूर बलौदाबाजार राजनादगांव और दूर्गे शामिल हैं यह सीरो सर्वेलेंस प्रति दस लाख जनसंख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर किया जा रहा है केंद्रीय टीम दौरा छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्रीय टीम राज्य में पहुंच गई है और विभिन्न जिलों का दौरा शुरू कर दिया है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र एनसीडीसी की टीम ने दूर्ग और राजनांदगांव जिले का दौरा किया है दुर्ग में टीम के सदस्यों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विमाग को जिले में कोरोना संक्रमण के कारण हो रही मौतों को नियंत्रित करने के निर्देश दिए हैं साथ ही कोरोना संक्रमण से होने वाली हर मृत्य का विश्लेषण कर वजह जानने को भी कहा है इस टीम मे तीन विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ ही रायपूर के दो चिकित्सक भी शामिल हैं इस टीम के सदस्यों ने जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविघा और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया टीम के सदस्यों ने जिले में सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध बेड की संख्या को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं इस टीम ने राजनांदगांव जिले का भी दौर किया और उदयाचल भवन में संचालित कोविड केयर सेंटर और पेन्ड्री स्थित कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है दुर्ग जिले में आज अब तक कोरोना संक्रमित सैंतीस नये मरीजों की पहचान की गई है इनमें गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के पूत्र भी शामिल हैं सभी मरीज दुर्ग के शहरी क्षेत्रों से हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पचास हजार के पार चली गई है राज्य में कल रात दो हजार पांच सौ पैंतालीस नये मरीजों की पृष्टि हई थी स्वास्थ्य विमाग के अनुसार छब्बीस हजार नौ सौ पंद्रह मरीजों का अभी उपचार चल रहा है जबकि बॉइंस हजार सात सौ बयानवे लोग स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक चार सौ सात लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना खबरें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महानदी इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आरपी मंडल से कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधी सुरक्षा उपायों को दोनों भवनों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की जाए साथ ही श्री बघेल ने इन भवनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी नियमों को कडाई से लागू करने के निर्देश भी दिए हैं खबर मिली है कि मुख्य सचिव आरपी मंडल और कर्मचारी संघ के नेताओं के बीच आज एक बैठक हुई है गौरतलब है कि मंत्रालय और इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण से कुछ कर्मचारियों की मृत्यु होने और कई अन्य कर्मचारियों के पॉजीटिव पाए जाने के बाद से कर्मचारियों में चिंता और भय का वातावरण है और कर्मचारी संगठन इन भवनों में कामकाज बंद करने की मांग कर रहे हैं इस बीच कोरोना संक्रमण के बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षणों वाले मरीजों के होम आइसोलेशन में इलाज की व्यवस्था और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विमाग ने चेकलिस्ट जारी की है होम आइसोलेशन की व्यवस्था देख रहे सभी अधिकारियों को इस चेकलिस्ट के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं उधर कोंडागांव जिले के केशकाल में आज से लेकर चौदह सितंबर तक पांच दिनों का पूर्ण लॉकडाउन रहेगा इस दौरान दवा और दूध की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी कोरिया जिले के बैक ठप्र स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में पदस्थ एक अधिकारी कोरोना पॉजीटिव पाया गया है इसके बाद बैंक को आज से तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है वहीं कोरोना संक्रमित मरीज भिलने की वजह से भिलाई नगर निगम मुख्यालय आज से लेकर तीन दिनों तक बंद रहेगा महासमुंद कलेक्टोरेट में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यहां आगामी सोमवार तक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने बताया कि जरूरत होने पर लोग अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन कार्यालय परिसर में स्थापित आवक जावक शाखा की खिड़की से जमा करा सकते हैं

उधर रायगढ़ में जिला कलेक्टर भीम सिंह ने कोविड अस्पतालों में काम कर रहे चिकित्सकों से बिना किसी दबाव या सिफारिश के मरीजों का इलाज करने की अपील की है कलेक्टर ने लोगों से अपना इलाज स्थानीय शासकीय अस्पतालों में ही कराने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि यदि कोई झोलापार डॉक्टर कोरोना मरीजों का इलाज करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी इस बीच आम आदमी पॉर्टी द्वारा राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऑक्सी अभियान संचालित किया जा रहा है इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ऑक्सीमीटर के जरिये लोगों के ऑक्सीजन लेवल की जांच कर रहे हैं

यदि किसी कर्मचारी को अपरिहार्य कारण या जरूरी काम के लिए छुट्टी लेने की जरूरत हो तो उसे अपने कार्यालय प्रमुख की अनुशंसा और छुट्टी लेने के कारण को स्पष्ट करर्ते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन भेजना होगा रायपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने निर्देश जारी कर कहा है कि कर्मचारियों को जिले के बाहर जाने या मुख्यालय छोड़ने के लिए अनुमति लेनी होगी

इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी पेन पेंसिलें पानी की बोतलों का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी समाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों की स्कूल में आने पर पाबंदी होगी छात्रों को विद्यालय आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम छह फीट की दूरी हो शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे परिसर के अंदर के कैफेटेरिया या मेस बंद रहेंगे स्टाफ रूम कार्यालयों और रिसेप्शन रूम जैसी जगहों पर भी शारीरिक दूरी बरती जाएगी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउसिलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सके जिन स्कूलो का क्वेरंटाइन सेंटरो के रूप में इस्तेमाल किया गया है उन्हें सही तरह से सेनेटाइज किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के इस निर्णय को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि उच्च स्तर पर चर्चा के बाद ही प्रदेश में स्कूलों को खोलने के बारे में निर्णय लिया जाएगा मख्यमंत्री बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल क्षेत्रों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आवर्ती चराई योजना और वन अधिकार अधिनियम में मनरेगा के तहत अधिक पैमाने पर कार्य मंजूर करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में कैम्पा शासी निकाय की पहली बैठक आयोजित की गई इसमें मुख्यमंत्री ने कैम्पा मद से कराए गए कार्यों की समीक्षा की इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सितंबर से अक्टूबर महीने तक वन प्रबंधक समितियों द्वारा हरे चारे की कटाई का कार्य प्राथमिकता के साथ कराया जाए इससे न केवल लोगो को रोजगार मिलेगा बल्कि गौठानों में चारे की उपलब्धता भी सुनिश्चित श्री बघेल ने कैम्पा मद के तहत वनांचल क्षेत्रों में बड़े बड़े तालावों के निर्माण कार्य को भी प्रमुखता के होगी साथ शामिल करने के निर्देश दिए उन्होंने वन्य प्राणियों के रहवास सुधार के लिए चारागाह विकास फलदार पौधारोपण और वन क्षेत्रों में जल संरचनाओं के विकास पर जोर दिया बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी मानव द्वन्द को रोकने के लिए हाथी को मानव का मित्र बनाने की पहल हो उन्होंने इस संबंध में बेहतर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए बैठक में अरपा नदी पुनरूद्वार योजना पर प्रस्तुतिकरण दिया गया इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान बीते एक से अप्रैल तक कैम्पा मेद के जरिये बयालीस लाख मानव दिवस से अधिक दिनों के रोजगार का सुजन किया गया है इन कार्यो में दो सौ उन्नीस करोड़ रूपये से अधिक की रकम खर्च की गई

इसमें पीआईबी रायपुर के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनर्तोड़े और भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक बीजू बी के साथ कई अन्य अधिकारी और आरओबी के पंजीकृत लोक कलाकार शामिल हुए वेबीनार को संबोधित करते हुए भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत छत्तीसगढ में कुल दो करोड सतहत्तर हजार लामार्थी हैं कार्यक्रम में रायपुर स्थित विवेकानंद महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर आशीष दुबे ने कहा कि कोरोना महामारी की वजंह से लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार की यह योजना असंगठित क्षेत्र के मजद्रों और गरीब वर्ग को सीधा फायदा पहुंचाने में काफी मददगार साबित हुई है वेबीनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय खाद्य और पोषाहार बोर्ड के अधिकारी मनीष यादव ने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ैलोगों में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए एक किलो चना या दाल का वितरण भी किया जा रहा है टिकट दलाल अभियान छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध रूप से ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के निर्देश पर संचालित इस अभियान के तहत अब तक करीब तीन सौ टिकट दलालों को गिरफ्तार किया जा चका है और इनके पास से लगभग डेढ करोड रूपये कीमत की टिकटें भी बरामद की गई हैं ट्रेनों के टिकटों की अवैध रूप से बुकिंग करने में इस्तेमाल किए जा रहे सॉफ्टवेयर रेड मिर्ची रेड बुल और आई बॉल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार आगे भी टिकट दलालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा हाथी आतंक महासमुंद जिले के खल्लारी पहाड़ी क्षेत्र में दो दंतैल हाथी विचरण कर रहे हैं एहतियात बरतते हुए वन विभाग ने पहाडी से होकर खल्लारी गांव तक पहंचने वाली सडक पर आवाजाही रोक दी है मिली जानकारी के मुताबिक अपने झंड से बिछड़कर दो दंतैल हाथी खल्लारी गांव के पास स्थित जंगल पहंचे और इसके बाद सुबह ये हाथी खल्लारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और खेतों के आसपास घ्रमने लगे बताया जाता है कि इस दौरान ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ने की कोशिश की बाद में वन अमले ने ग्रामीणों को ऐसी कोई भी जोखिम वाली गतिविधि करने से रोका इस बीच बागबाहरा के रेंजर अन्य वनकर्भियों के साथ मौके पर पहुंचकर हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं सडक हादसा कौशिक नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट पर थिंता जताई है उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार सडक हादसों से मृत्युदर में छत्तीसगढ का देश में दसरा स्थान है श्री कौशिक ने कहा कि तत्काल उपचार और जरूरी मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में मृत्युदर बढ़ती जा रही है उन्होंने सरकार पर इसे रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया मौसम मौसम विभाग के अनुसार एक मानसून द्रोणिका अमृतसर से लेकर उत्तर बंगाल की खाड़ी तक स्थित है इसके असर से प्रदेश के अनेक स्थानों पर कल हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटें पडने की संभावना है मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने कल राज्य के एक दो स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी है इस बीच धमतरी जिले में लगातार हुई तेज बारिश की वजह से जिले के सभी जलाशय लगभग शत प्रतिशत भर चुके हैं जल संसाधन विमाग के अनुसार माडमसिल्ली में निन्यानवे गंगरेल बांध में संतानवे दुधावा जलाशय में बयानवे और सोंदूर जलाशय में छियाँसी प्रतिशत से अधिक जलभराव हो चुका है सभी बांधों के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार जारी है संक्षिप्त समाचार केन्द्र सरकार ने अधिवक्ता रमाकांत मिश्रा को बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है नियमितीकरण की मांग को लेकर आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कवर्घा सहित अन्य जिलों में काली पट्टी लगाकर विरोध जताया राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र स्थित जालबांघा पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में एक आरक्षक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में गातापार जंगल में पदस्थ आरक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है बिलासपुर जिले के पामगढ़ स्थित खरखोद गांव के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई इस हादसे में एक यवक की मौत हो गई जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हई है इसी तरह महासमुद जिले के बागॅबाहरा मार्ग पर भी भीमरोज और एमके बाहरा गांव के बीच मालवाहक गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया